राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी लागू करने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने के निर्देश दिए उत्तरकाशी में आज दो पहर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए भूकंप से जान माल का कोई नुकसान नहीं राज्य में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया श्री कोविंद ने कहा है कि सरकार ने नए भारत के निर्माण का सफर शुरू किया है जहां प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं मिली हैं और प्रतिष्ठा के साथ न्याय मिला है उन्होंने कहा कि आज लोग स्वस्थ सुरक्षित और शिक्षित हैं सबको तरक्की के समान अवसर मिलते हैं और हर बेटी सुरक्षित महसूस करती है राष्ट्रपति ने कहा कि इस नए भारत को पूरी दुनिया से सम्मान मिल रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि देश नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित समावेशी समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष आम चुनाव में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें इस सदी में जन्मे युवा मतदाता पहली बार वोट देंगे उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक से उन लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में मदद मिलेगी जो भारत में शरण लेने के लिए विवश हुए हैं उन्होंने कहा कि सरकार अन्य बेटियों की तरह मुस्लिम बेटियों को भी समान अधिकार देने के लिए जल्द से जल्द तीन तलाक विरोधी विधेयक संसद में पास कराने के प्रयास कर रही है

उन्होंने कहा कि स्वमच्छता का दायरा वर्ष दो हजार चौदह में चालीस प्रतिशत से भी कम था जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब अठानवे प्रतिशत हो गया है राष्ट्रपति ने कहा कि तेरह करोड़ घरों में रसोई गैस के कनेक्शन निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों में दस लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत निशुल्क इलाज कराया है राष्ट्रपति ने वर्ष दो हजार बाइस तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि किसानों को उत्कृष्ट बीज और मंडियों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम लाभ महिलाओं को मिला है देशभर में दिए गए पंद्रह करोड़ मुद्रा ऋणों में से तिहत्तर प्रतिशत महिला उद्यमियों को वितरित किए गए

उन्होंने कहा कि जीएसटी जैसे व्यापक कर सुधारों को लागू करने के साथ एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना साकार हुई है स्लग बजट सत्र संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखने के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को श्रद्वांजलि दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वे संसद के बजट सत्र को उपयोगी बनायें सत्र के पहले दिन आज संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्व है संसद में कल पेश होने वाले बजट में लोगों की अपेक्षाओं पर आज रात सवा आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी चर्चा में श्री डी एस रावत से आकाशवाणी समाचार प्रमुख राघवेश पांडेय बातचीत करेंगे

इंस दौरान उन्होंने डोईवाला क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए तेईस करोड़ की धनराशि स्वीकृत की साथ ही सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने हर्रावाला में बनने वाले तीन सौ बेड के अस्पताल का फरवरी के पहले हफ्ते में शिलान्यास कराने के लिए भी निर्देशित किया साथ ही डोईवाला अस्पताल को पीपीपी मोड में दिए जाने के बाद की व्यवस्था की समीक्षा करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए सड़कों के चौड़ीकरण और कार्यो की गुणवत्ता पर जोर दिया उन्होंने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा मुख्यमंत्री ने पशुपालन खाद्य आपूर्ति सामाजिक पेंशन सोलर लाइट बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा भी की साथ ही विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और कार्यों को पारदर्शिता के साथ तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए

प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि योजनाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में प्रदेश में चल रही कृषि योजनाओं के साथ चकबन्दी पर भी चर्चा हुई कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चकबंदी लागू करने के लिए एक खाका तैयार किया जाए उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी से सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे

देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में छिहत्तर लाख अठाइस हजार पांच सौ छब्बीस मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे इनमें अठारह से उन्नीस साल के चार लाख तिरालिस हजार तीन नए मतदाता हैं लोकसभा चुनाव के लिए ग्यारह हजार से अधिक पोलिंग बूथ और आठ हजार से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे उन्होंने बताया कि एक से अधिक जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के कारण चार हजार इक्यावन मतदाता पहचान पत्र निरस्त किये गये हैं इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी तरह वी वी पैट का इस्तेमाल होगा उन्होंने बताया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के मद्देनजर तीन साल से एक स्थान पर तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा

भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया

भूकंप के झटके उत्तरकाशी भटवाड़ी जोशियाड़ा ज्ञानसू डुंडा चिन्यालीसौड समेत अन्य क्षेत्रों में महसूस किए गए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने वायरलेस और दूरभाष से सभी तहसीलों से जानमाल की सूचना ली भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है जिलाधिकारी ने आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं साथ ही जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं स्लग समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणाओं की समीक्षा की बैठक में उन्होंने डोईवाला सामुदायिक भवन के निर्माण में भूमि चयन में हुई देरी पर खंड विकास अधिकारी डोईवाला को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं उन्होंने परिवहन और नागरिक उड्डयन विभाग की विस्तार से समीक्षा करने के निर्देश दिए और संबंधित सचियों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण विवरण सहित उपस्थित होने के लिए कहा अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन घोषणाओं में जमीन की समस्याएं आ रही हैं उन मामलों को जिलाधिकारियों से होने वाली वीडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक में सामने लाया जाए उन्होंने क्छ घोषणाओं में बजट की मांग पर जल्द बजट का प्रावधान कराने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए बैठक में कृषि उद्यान पशुपालन सहकारिता संस्कृति कौशल विकास गन्ना और चीनी राजस्व मुख्यमंत्री राहत कोष सूचना समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई स्लग मौसम राज्य में मौसम में एक बार फिर बदलाव से ठंड बढ़ गई है राजधानी देहरादून में सुबह से बादल छाए रहने के बाद हलकी ब्रूदाबादी हुई राज्य के पर्वतीय जिलों में भी बारिश और बर्फबारी हुई केदारनाथ में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही चमोली के उंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई जबकि मैदानी जिलों में दिन भर बादल छाये रहने और बारिश से ठंड बढ़ गई मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी राज्य के पर्वतीय हिस्सों में क्छ जगहों पर हलकी बर्फबारी हो सकती है स्लग सिक्योर हिमालय उत्तरकाशी में दो दिवसीय सिक्योर हिमालय परियोजना कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला के पहले दिन आज गंगोत्री और गोविन्द वन्य जीव विहार परिक्षेत्र के संरक्षण और सवंधन के लिए रणनीति पर चर्चा हई कार्यशाला में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने कहा कि गंगोत्री और गोविन्द पश् वन्य जीव विहार में पेड़ पौधों के संरक्षण के साथ साथ उच्च हिमालयी वन्य जीवों को बचना बेहद जरूरी है ताकि उच्च हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके